उन्होंने यह भी कहा कि ऊर्जा उत्पादन में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी मौजुदा छः दशमलव दो प्रतिशत से बढाकर पन्द्रह प्रतिशत कर दी जाएगी प्रधानमंत्री ने केरल में कोच्चि से कर्नाटक में मंगलुरु तक चार सौ पचास किलोमीटर लंबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उदघाटन करते हए आज यह बात कही श्री मोदी ने कहा कि मौजूदा सरकार ने तेल और गैस क्षेत्र में तेजी से संधार किए हैं अक्षय ऊर्जा की पहच बेहतर की है और इस क्षेत्र की बुनियादी आवश्यकताएं तीव्रता से पूरी की है प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों राज्यों के विकास को गति देने में इस पाइपलाइन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी श्री मोदी ने कहा कि सरकार की नीतिगत पहल से रसोई गैस का इस्तेमाल बढने से कैरोसीन पर राज्यों की निर्मरता कम हई है प्रधानमंत्री ने बताया कि दो हजार चौदह तक केवल चौबीस करोड़ एलपीजी कनेक्शन थे जबकि इसके बाद के छ वर्ष में चौबीस करोड़ नए कनेक्शन दिए गए हैं उज्ज्वला योजना के तहत आठ करोड़ गरीबों को ये कनेक्शन दिए गए हैं श्री मोदी ने कहा कि महामारी के कारण लॉकडाउन के दौरान केन्द्र सरकार ने बारह करोड सिलेंडर निशुल्क उपलब्ध कराए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राम मनोहर लोहिया चिकित्सा संस्थान में कोरोना वैक्सीन के सम्बन्ध में संचालित किए जा रहे ड्राई रन का निरीक्षण किया ड्राई रन के तहत विकित्सा संस्थान में संचालित गतिविधियों पर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने सम्पूर्ण प्रदेश में ड्राई रन को सुव्यवस्थित ढंग से करने के निर्देश दिए हैं निरीक्षण के बाद बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज सम्पूर्ण प्रदेश में कोरोना वैक्सीन का डाई रन आयोजित किया जा रहा है प्रत्येक जिले में तीन ग्रामीण तथा तीन शहरी क्षेत्रों में इसके तहत कार्यवाही प्रगति पर है कोरोना वैक्सीनेशन कार्य को प्रदेश में सुचारु ढंग से सम्पन्न करने में डाई रन अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा इसके दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा इस कार्य को तत्परता से सम्पन्न करने के निर्देश दिए गए हैं उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य प्रत्येक दशा में भारत सरकार द्वारा निर्धारित क्रम के अनुरूप किया जाए उन्होंने कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के दृष्टिगत अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि इस दृष्टि से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का कार्य प्रभावी ढंग से सम्पन्न किया जाए सर्विलांस सिस्टम को सक्रिय एवं सुदुढ़ बनाए रखा जाए

यदि ठीक होने की स्थिति हो तो तुरंत मरम्मत की जाये मुख्यमंत्री आज लखनऊ में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे मुख्यमंत्री ने धान खरीद कार्य को पूरी सक्रियता से संचालित करने के निर्देश दिए और कहा कि आवश्यकतानुसार धान क्रय केन्द्रों पर अतिरिक्त काटों का प्रबन्ध किया जाए ताकि किसानों को अपनी उपज बेचने में सुक्विा हो धान खरीद कार्य निरन्तर संचालित किया जाए धान क्रय के तहत लक्ष्य की पूर्ति हो जाने के बाद भी खरीद का कार्य निरन्तर जारी रखा जाए उन्होंने कृषि उत्पादन आयुक्त को इस सम्बन्ध में स्पष्ट सर्कलर निर्गत करने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि कल से किसान कल्याण मिशन का श्भारम्भ किया जा रहा है किसान कल्याण मिशन के माध्यम से अधिक से अधिक किसानों को लामान्वित करने के निर्देश देते हए उन्होंने कहा कि यह आयोजन अन्तर्विभागीय समन्वय से सम्पन्न किया जाए

उन्होंने ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने और घटना में जो भी नुकसान हुआ है उस पर जुर्माना लगाने का भी निर्देश दिया है डीएम और कमिश्नर से पुछा गया है कि जब पचास लाख रुपये से अधिक के किसी भी काम का भौतिक सत्यापन करने का आदेश था तो यह चूक क्यों हुई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही मेरठ के डिवीजनल कमिश्नर और एडीजी मेरठ जोन से घटना पर रिपोर्ट मांगी थी सीएम ने आज मृतकों के परिवारों को दस दस लाख रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान करने और उन परिवारों को आवास की सुविधा प्रदान करने का आदेश दिया है जो वेघर हैं इस बीच गाजियाबाद जिले के मुरादनगर में श्मशान की गैलरी के निर्माण के लिए जिम्मेदार ठेकेदार अजय त्यागी को कल रात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है घटना में पच्चीस लोगों की मौत हो गई थी और तेरह घायल हो गए थे